शहडोल में कोरोना संकमण के आज दो नये मामले सामने आये हैं

सागर कलेक्टर दीपक सिंह की रिपोर्ट नेगेटिव आई है श्री सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के संकमित पाये जाने के बाद अपनी जांच करवाई थी राज्य के जल संसाधन मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गये हैं कल रात ट्वीट कर उन्होंने स्वयं के संकमित होने की जानकारी दी

जो निमाड़ क्षेत्र में एक दिन में सर्वाधिक संकमितों की संख्या है

वहीं तीन लोग स्वस्थ होकर घर लौटे

डॉ मिश्रा ने आज ट्वीट के जरिये कहा है जब कोई और विकल्प कारगर नहीं लगेगा तभी लॉकडाउन आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाएगा छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में एक अगस्त से चार दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा

पीआईबी कोरोना एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह ने बताया कि जल्द ही उज्जैन में सीरो सर्वे किया जाएगा

उज्जैन का चयन इसलिये किया गया है क्योंकि यहा मृत्युदर सबसे ज्यादा है प्रोफेसर सिंह आज पीआईबी भोपाल द्वारा तेजी से फैल रहे कोरोना संकमण से कैसे बचें विषय पर आयोजित एक वेबनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी और लोगों के सवालों के जवाब भी दिये विश्व बाघ दिवस केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व बाघ दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि में वन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के वन विहार में आयोजित किया गया लॉकडाउन की वजह से वर्चुअली आयोजित इस कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए श्री शाह ने यहां तितिली पार्क का लोकार्पण भी किया विपणन समिति अधिनियम कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई और कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन किया है अभी तक किसान राज्यों की ओर से अधिसूचित मंडियों में ही उपज बेच पा रहे थे नए कानून के बाद कृषक इस बंधन से मुक्त हो गए हैं होशंगाबाद जिले के किसानों ने इसे एक अच्छा कदम बताया है वहीं जिले के बनखेड़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमेश जैन ने बताया कि किसानों के लिए यह योजना आने वाले समय में लाभकारी साबित होगी

इन्हें फ्रांस से खरीदा गया है